आज शाम विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र नेताजी की जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा उनके बलिदान और योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें याद करते रहें क्योंकि नेताजी देश के साहस के लिए प्रेरणा हैं श्री मोदी ने कहा कि जब देश इस वर्ष अपनी आजादी के पचहत्तरवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ऐसे में नेताजी का जीवन उनके कार्य उनके निर्णय हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की चेतना को जागृत कर दिया था और पूरे देश के हर जाति पंथ और हर क्षेत्र के लोगों को देश का सैनिक बना दिया था उन्होंने कहा कि दुनिया आत्मनिर्भर भारत के उस शक्तिशाली अवतार को देख रही है नेताजी ने परिकल्पना की थी समारोह में प्रधानमंत्री ने नेताजी पर प्रकाशित डाक टिकट और सिक्का जारी किया साथ ही श्री मोदी ने नेताजी पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और सुभाषचंद्र बोस पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने आज दोपहर दक्षिण कोलकाता स्थित सेनानी सुभाष चन्द्र बोस के पैतुक निवास स्थान नेताजी भवन का दौरा किया और महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्दांजलि अर्पित की

नेताजी की एक सौ पच्चीसवीं जयंती के लिए आज से वर्षभर के आयोजन शुरू हो रहे हैं केन्द्र सरकार ने हर वर्ष तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है नेताजी की जयंती के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है नेताजी ने ही लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने का मंत्र दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी पर वर्षभर के आयोजनों के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई है शिक्षा मंत्रालय ने देश के पांच विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन करेगा दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन तथा कालखंड पर चर्चाओं वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण होगा रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है इधर छत्तीसगढ़ में भी नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सुभाषचंद्र बोस राज्यपाल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर आज छिंदवाड़ा जिले के सुभाष टापू में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया इस अवसर पर सुश्री उइके ने कहा कि नेताजी के जीवन दर्शन को जो अपने जीवन में उतार लें उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी और उनमें राष्ट्र निर्माण की भावना सुदृढ़ होगी उन्होंने कहा कि नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के आव्हान पर पूरे देश में नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री कृषि विवि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नेताजी सुषाषचंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर और एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन तथा उत्पादन केन्द्र का श्भारंभ किया मुख्यमंत्री ने इस इन्क्यूबेशन सेंटर का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में तीस करोड़ रूपये की लागत से बन रहे बायोटेक इन्क्यूबेशन सेंटर भवन का शिलान्यास किया यह सेंटर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित होगा श्री बघेल ने राज्य योजना आयोग के कक्षों का नामकरण और आइडिया कैफे का लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नेताजी की एक सौ पच्चीसवीं जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर नमन कर रहा है उन्होंने कहा कि पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस अधिकारी नेताजी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित होंगे

मंडल से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कक्षा दसवीं की परीक्षा पंद्रह अप्रैल से शुरू होगी जो एक मई तक चलेगी वहीं कक्षा बारहवीं की मुख्य परीक्षा तीन मई से प्रारंभ होकर चौबीस मई को समाप्त होगी मंडल के सचिव ने बताया कि मुख्य परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी इसके लिए विद्यार्थियों को उन्हीं के स्कूलों में परीक्षा केन्द्र बनाकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा मुख्य परीक्षा की समय सारिणी मंडल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है मंडल के सचिव ने बताया कि इस वर्ष परियोजना कार्य और प्रायोगिक परीक्षाएं दस फरवरी से शुरू होंगी इन परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक विषय की प्रायोगिक परीक्षा एक दिन में दो से तीन शिफ्ट में आयोजित की जाएगी प्रायोगिक परीक्षा में बाहय परीक्षक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है यथासंभव दस मार्च तक परियोजना कार्य और प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी

इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य और अवसर परीक्षा की समय सारिणी भी घोषित कर दी गई है

रेलवे ने कल सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई पेश है एक रिपोर्ट कल छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलमंडल के भिलाई डी केबिन से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई

इस ट्रेन को वासुकी नाम दिया गया है इसके पहले बीती उनतीस जून को तीन लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर लॉन्ग हॉल सुपर एनाकोंडा गाड़ी चलाई गई थी लॉन्ग हॉल रैक के परिचालन से क्रू स्टाफ की बचत तो होती ही है रेलवे ट्रैक का सही इस्तेमाल और उपभोक्ताओं को त्वरित डिलीवरी भी प्राप्त होती है वैसे पांच रैक चलाने में पांच लोको पायलट पांच सहायक लोको पायलट और पांच गार्ड की आवश्यकता पड़ती है लेकिन कल चलाई गई वासुकी ट्रेन में केवल एक लोको पायलट एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड की ही आवश्यकता पड़ी विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर मतदाता दिवस ई इपिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पच्चीस जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र ई इपिक लाँन्च किया जाएगा इससे लोगों को आसानी से घर बैठे इपिक कार्ड मिल सकेगा

इसे मतदाता अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकता है यह एक डिजिटल पीडीएफ फॉर्मेट पर उपलब्ध होगा जिसे मतदाता अपने जरूरत के हिसाब से कभी भी डाउनलोड कर प्रिंट करवाकर उपयोग कर सकता है पच्चीस जनवरी से एनवीएसपी डॉट इन अथवा वोटर पोर्टल डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है इसके लिए मतदाता को अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना होगा इपिक नंबर एंट्री करना होगा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा ओटीपी के माध्यम से ई एपिक डाउनलोड किया जा सकता है यदि किसी का मोबाइल नंबर इपिक कार्ड के साथ लिंक नही है तो केवायसी की आवश्यकता होगी इसके लिए केवायसी लिंक पर जाकर केवायसी की प्रक्रिया पूरी कर ई इपिक डाउनलोड किया जा सकता है मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा पच्चीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा एम्स रिसर्च सेंटर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में अब माइंड बॉडी मेडिसिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा एम्स रायपुर और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी नई दिल्ली के बीच आज इस संबंध में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए इस सेंटर में कैंसर स्ट्रोक मध्मेह मोटापा मानसिक समस्या और अन्य आध्रनिक दिनचर्या संबंधी बीमारियों पर शोध कर उनका आयुष के माध्यम से इलाज ढूंढा जाएगा एम्स रायपुर के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर और सीसीआरवाईएन नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर राघयेंद्र राव ने ऑनलाइन माध्यम से एमओयू पर हस्ताक्षर किए डॉक्टर नागरकर ने बताया कि सेंटर के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के पास उपलब्ध क्लीनिकल डेटा का उपयोग आयुष संबंधी शोध में संभव हो सकेगा इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजिज के इलाज में आयुष का प्रभावी प्रयोग किया जा सकेगा सड़क सुरक्षा माह प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस द्वारा इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत वाहन चालकों को चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर से अनाउंस कर यातायात नियमों का पालन करने की हिदायतें दी जा रही हैं इसके साथ ही यातायात नियमों से संबंधित बैनर पोस्टर पॉम्पलेट आदि के जरिये भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है यातायात पुलिस रायपुर द्वारा वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि स्टाप लाइन का पालन करें वाहन चलाते समय फोन का उपयोग नहीं करें दोपहिया वाहनों में तीन सवारी नहीं चलें वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अवश्य लगाएं सड़क सुरक्षा माह आगामी सत्रह फरवरी तक चलेगा उधर कवर्धा में यातायात पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर वाहन चालकों और आम नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई इधर दुर्ग में दोपहिया वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कल हेलमेट जागरूकता रैली निकाली जाएगी शिशु संरक्षण सप्ताह प्रदेश में कल से शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है जो छब्बीस फरवरी तक चलेगा इस अभियान के दौरान छह माह से पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामिन आदि की दवाएं पिलाई जाएंगी साथ ही शिशु स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन और सेवाओं की प्रदायगी का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा इस अभियान का वर्चुअल उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान क्पोषित बच्चों की पहचान के लिए वजन मशीन के माध्यम से वजन किया जाता है बच्चे का वजन कम होने की स्थिति में उन्हें सुपोषित करने का प्रयास किया जाएगा इसके अलावा अति गंभीर क्पोषित बच्चों को पोषण प्नर्वास केन्द्र में भर्ती कराया जाएगा धान खरीदी प्रदेश में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है प्रदेश में अब तक छियासी लाख पचास हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी हैं इस दौरान उन्नीस लाख तिरासी हजार से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है किसानों को चौदह हजार नौ सौ साठ करोड़ रूपये का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन किया गया है वहीं कस्टम मिलिंग के लिए अभी तक छब्बीस लाख छह हजार मीटरिक टन धान का उठाव किया गया है हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे नगर पालिका आरक्षण दुर्ग जिले के रिसाली नगर पालिक निगम में चुनाव के लिए आज वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से परी की गई वहीं राजनांदगांव जिले के अंतर्गत खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के निर्वाचन के लिए भी पार्षद पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है नगर पालिका अध्यक्ष का पद पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है पोषण अभियान पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में मिलने वाले पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता का अब पूरा ध्यान रखा जाएगा

सुनवाई में तेरह प्रकरण रखे गए थे जिनमें से आठ प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार वन अधिकार पट्टा प्राप्त लाखों आदिवासी किसानों के साथ अन्याय कर रही है